प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि इस फैसले को किसी की हार या जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए उन्होंने शांति सदभाव बनाये रखने की अपील की

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत भारती उत्सव में शामिल हुए

राम मन्दिर फैसला उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से निर्णय देते हुए अयोध्या में विवादित भूमि पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए पांच सदस्यों की संविधान पीठ ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता में करीब एक सदी पुराने विवाद का निपटारा कर दिया एक हजार से अधिक पृष्ठों के अपने फैसले में अदालत ने कहा कि हिन्दुओं के इस विश्वास को लेकर कोई विवाद नहीं है कि भगवान राम का जन्म ध्वस्त ढांचे के स्थान पर हुआ था न्यायमूर्ति एसए बोब्डे डीवाई चन्द्रचूड अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर की खंड पीठ ने कहा कि विवादित दो दशमलव सात सात एकड़ भूमि का मालिकाना हक रामलला को सौंपा जाएगा जो इस मुकदमें के तीन पक्षकारों में से एक है पंरतु यह भूमि केंद्र सरकार के रिसीवर के कब्जे में रहेगी

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हिन्दू अपना यह दावा सिद्ध करने में सफल रहे कि बाहरी प्रांगण उनके कब्जे में था और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अपना दावा सिद्ध करने में विफल रहा अदालत ने कहा कि विवादित स्थल पर बाहरी प्रांगण में हिन्दुओं द्वारा व्यापक पूजा की जाती रही और साक्ष्यों से पता चलता है कि मुसलमान मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा करते थे जिससे पता चलता है कि उन्होंने स्थल का कब्जा नहीं छोड़ा था अदालत ने ये भी कहा कि अयोध्या में विवादित स्थल के नीचे जो भी ढांचा था वह इस्लामिक नहीं था लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने यह सिद्व नहीं किया है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई अदालत ने कहा कि एएसआई के साक्ष्यों को राय मात्र कहना इस संगठन के प्रति न्यायोचित नहीं है शीर्ष अदालत ने इस मामले में शिया वक्फ बोर्ड की अपील यह कहकर नामंजूर कर दी कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित भूमि सरकार की है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वो अयोध्या भूमि विवाद मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान करता है लेकिन इससे संतुष्ट नहीं है मीडिया के साथ बातचीत में बोर्ड के सचिव जफरयाब जिलानी ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाये रखने की अपील की उन्होंने कहा कि फैसले के अध्ययन के बाद बोर्ड पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का निर्णय लेगा अयोध्या मामले के पक्षकारों में से एक इकबाल अंसारी ने अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि वे इससे शत प्रतिशत संतुष्ट की शांति और सद्भाव की अपील देशभर में राजनीतिक नेताओं विद्वानों और धर्म गुरूओं ने लोगों से अपील की है कि वे रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को देखते हुए शांति और सद्भाव बनाए रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया है अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फैसले को किसी की जीत या हार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए उन्होंने लोगों से शांति सद्भाव और एकता बनाए रखने की अपील की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से न्यायिक प्रक्रिया में आम आदमी का विश्वास और ज्यादा मजबूत होगा केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उच्चतम न्यायालय के सर्वसम्मत निर्णय का स्वागत किया है एक ट्वीट संदेश में गृहमंत्री ने सभी समुदाय और धर्मो के लोगों से अपील की है कि वे इस निर्णय को स्वीकार करें और शांति तथा सौहार्द बनाये रखें रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी लोगों से शांति बनाये रखने की अपील की सीएम ऑन अयोध्या मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अयोध्या में राम जन्म भूमि पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को सकारात्मक रूप से लेने की प्रदेश वसियों से अपील की है उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की गलत बयानबाजी एवं अफवाहों पर ध्यान न दें उत्तराखण्ड शांति प्रिय प्रदेश है और हमें आपसी सौहार्द बनाये रखना होगा इस दौरान उन्होंने सभी लोगों से सकारात्मक सोच के साथ आपसी सहयोग की अपेक्षा की मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इसके दृष्टिगत व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किये गये है विदेशी गिरफ्तार चम्पावत जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में दो विदेशी नागरिकों को गिरफतार किया गया है नेपाल से भारत में अवैध रूप से प्रवेश करते समय बनबसा नेपाल सीमा पर आव्रजन अधिकारी व बनबसा पुलिस ने संयुक्त चेकिंग के दौरान इन दोनों को गिरफ्तार किया इन दोनों ही नागरिको के पास वीजा और पासपोर्ट दोनों ही नहीं थे

मुख्य कार्यक्रम परेड ग्राउन्ड देहरादून में आयोजित किया गया जहां भारत भारती उत्सव के दौरान भारत की सांस्कृतिक एकता के विविध रंग देखने को मिले शिक्षण संस्थानों में अध्ययन कर रहे लगभग सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के छात्र छात्राओं ने इस दौरान अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां भी दीं कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखण्ड से उनका हमेशा भावनात्मक लगाव रहा है उन्होंने इस बात की खुशी जाहिर की कि उत्तराखण्ड तेजी से आगे बढ़ रहा है और प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर अपनी विशेष पहचान बनाई है

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य आंदोलन के शहीदों का स्मरण करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के संतुलित विकास के लिए लगातार प्रयासरत है राज्य स्थापना सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर सरकार युवाओं महिलाओं सैनिकों अप्रवासी उत्तराखण्डियों का सहयोग लेना चाहती है रैबार सैनिक सम्मेलन महिला सम्मेलन युवा सम्मेलन फिल्म कान्क्लेव में प्राप्त सुझावों को अमल में लाया जाएगा इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने विभिन्न घोषणाएं भी की जिसक इस अवसर पर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डारमेश पोखरियाल निशंक विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल सांसद अजय भट्ट माला राज्यलक्ष्मी शाह उत्तराखण्ड सरकार के तामाम कैबिनेट मंत्री और विधायक मौजूद थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए सीमांत तहसीलों में मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना लाई जाएगी इससे पहाड़ों और दूरस्थ क्षेत्रों से पलायन रुकेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे उन्होंने कहा कि कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए सेलाकुई व रुद्रपुर में महिला हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा इसके अलावा राज्य में पशुओं का बीमा कराये जाने हेतु बीमा धनराशि की गैप फंडिंग की भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाएगी

साथ ही प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को सप्ताह में एक दिन फोर्टिफाइट मीठा दूध उपलब्ध कराया जाएगा मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के सभी ज़िलों में आधुनिक विधि से सर्वेक्षण कर भू बंदोबस्त किया जाएगा पहले पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जाएगा इसके अलावा मिशन इन्द्रधनुष के तहत चिन्हित अति संवेदनशील क्लस्टरों में स्वास्थ्य से इतर अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों में सर्व उत्थान सर्व समृद्धि अभियान चलाया जाएगा

जिसमें मुख्य अतिथि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया

इस दौरान उत्तराखण्ड पुलिस हिमरक्षक डेयर डेविल्स के मोटर साईकिल दल द्वारा अपने हैरतअंगेज करतब दिखाये गये

स्थापना दिवस देहरादून के साथ साथ आज प्रदेशभर में स्थापना दिवस बड़े ध्रमधाम से मनाया गया गोपेश्वर में सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया उत्तरकाशी में नव निर्मित शहीद पार्क में सौ फिट ऊचाई पर स्थापित तीस फीट लम्बे और बीस फीट चौड़े ध्वज का ध्वजारोहण किया गया बागेश्वर में ज़िला मुख्यालय पर शहीदों को श्रद्वांजलि दी गई इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं एनसीसी कैंडेटों ने प्रभात फेरी भी निकाली चम्पावत जिले जिले के गोरलचोड मैदान में कृषक गोष्टी व विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए बेटियों को सम्मानित किया गया पुलिस लाईन रूद्रपुर ऊधमसिंह नगर में आयोजित कार्यक्रम का शुभारम्भ राज्य आंदोलकारी शहीदो के चित्रो पर माल्यार्पण कर किया गया अल्मोड़ा जिले में कलैक्ट्रेट परिसर में राज्य स्थापना की वर्ष गांठ सद्भावना पूर्वक मनाई गई इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गए एवं विकास प्रदर्शनी लगाई गई